केन्द्रीय मंत्री केन्द्र सरकार हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी केन्द्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह भाभोर ने आज शिमला में राज्य जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा सिरमौर जिले में ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित करने की राज्य सरकार की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा

उन्होंने कहा कि शिमला में नए जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन के निर्माण के लिए भी धनराशि मुहैया करवाई जाएगी

इससे पहले केन्द्रीय मंत्री ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर सहित अन्य अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की इस दौरान मृख्यमंत्री ने हाटी समृदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने और प्रदेश में एकलव्य विद्यालय खोलने का केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया

कार पार्किंग के लोकार्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्किंग शहर में पर्यटक वाहनों के दबाव को कम करने में मददगार साबित होगी

जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अनछुए व दूरदराज क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपना रही है और विकासात्मक परियोजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी अपने विचार व्यक्त किए मुख्यमंत्री इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में एशियन विकास बैंक के कन्ट्री निदेशक के साथ एक बैठक की

उर्जा नीति मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रभावी और विश्वसनीय ऊर्जा संचरण व वितरण प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर बल दिया है वे आज शिमला में पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाईनों के निर्माण में चुनौतियां विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ऊर्जा संचरण निगम प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली को विकसित कर रहा है

मुख्यमंत्री ने वन वैली वन लाईन की ज़रूरत भी बताई इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए नई ऊर्जा नीति तैयार की गई है और सरकार उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है सम्मेलन में राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी और एसजेवीएनएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के बंगाणा में आज खंड विकास कार्यालय के नए भवन की आधारशिला रखी इस मौके उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत पंचायतों को आदर्श गांव के तौर पर विकसित किया जाएगा

साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से सबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा उच्चतम न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन की समय सीमा कल यानी शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है आयुष्मान केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लगातार वरदान साबित हो रही है

सोलन ज़िला के धर्मपुर के गुलाड़ी गांव के दिलाराम और कुमारहट्टी के नरेन्द्र योजना के तहत अपना मुफ्त ईलाज करवा रहे हैं उन्होंने योजना को लाभदायक बताया सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए मददगार बनी है उन्होंने योजना के अधिक प्रचार प्रसार की ज़रूरत बताई ताकि कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रहे

हमीरपुर से विद्यार्थियों की बस को रवाना करने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में ये कार्यक्रम सहायक सिद्व होगा उन्होंने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण यात्राएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

इस संबंध में आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की भाजपा प्रवक्ता शशि दत्त शर्मा ने कहा कि सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल व मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा और सांसद वीरेंद्र कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे समिति प्रदेश विधानसभा की सामान्य विकास समिति इन दिनों सिरमौर सोलन ऊना चंबा कांगड़ा हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के अध्ययन प्रवास पर है समिति के सदस्यों ने सोलन जिले में नालागढ़ के बेला मंडयारपुर में सीवरेज प्लांट के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण और भाखड़ा बांध का भ्रमण किया समिति ने ऊना में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों की जानकारी भी ली ज्ञापन हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बारे में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट कर उनके माध्यम से आज प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा मंच के अध्यक्ष काश्मीर चंद सडयाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में प्रधानमंत्री से इस बारे में संसद में अध्यादेश लाकर मंदिर बनाने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया है शिविर सोलन ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज सोलन के एक निजी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव मोहित बंसल ने की उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों दिव्यांगों महिलाओं सहित अन्य असहाय लोगों और एक लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है